रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कल देशभर के रेलवे स्टेशनों की स्वच्छता को परखने के लिये किये गये सर्वेक्षण के नतीजे घोषित किये

वहीं जयप्र जंक्शन ने दूसरा स्थान हासिल किया है

सीमा सुरक्षा बल और राज्य सरकार की ओर से आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम के तहत बाडमेर जैसलमेर बीकानेर और श्री गंगानगर जिलों से लगती भारत पाक सीमा पर करीब पांच लाख लोग मानव श्रृंखला बनायेगें देश भक्ति की भावना से ओतप्रोत इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल होगी और हेलीकाप्टर से मानव श्रृंखला में शामिल नागरिकों पर पुष्प वर्षा करेगी

कल नई दिल्ली में रक्षामंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में परिषद की बैठक में इस आशय को मंजूरी दी गई रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन पोतों की मदद से समुद्री और तटवर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा निगरानी समुद्री डकैती रोधी मिशन आपदा राहत और बचाव कार्य अभियान को सुचारू ढंग से चलाया जा सकेगा

दस बार सांसद रहे सोमनाथ चटर्जी दो महीने से बीमार चल रहे थे प्रदेश के राज्यपाल कल्याण सिंह और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोमनाथ चटर्जी के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है

केन्द्रीय खेल राज्य मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड ने कल जयपुर जिले के प्रागपुरा में इण्डोर खेल स्टेडियम के शिलान्यास समारोह में ये घोषणा की उन्होंने बताया कि इन खेल स्टेडियमों का निर्माण कार्य मार्च के अंत तक पूरा कर लिया जायेगा

हर स्टेडियम में एक कोच भी उपलब्ध रहेगा

भीलवाडा में शाहपुरा विजयनगर मार्ग पर कल अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाईकिल पर सवार दो लोगों की मौत हो गई